इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल के मजबूत पहलुओं नीतियों और उपयुक्त अवसरों व राज्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के बारे में जानकारी दी जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें संशोधन कर और आकर्षक व उद्योगों के अनुकूल बनाया है उन्होंने विभिन्न कंपनियों को धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित किया इससे पहले राज्य सरकार ने यूरोप के वाणिज्य व उद्योग मंडल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए इसके माध्यम से कृषि बागवानी के अलावा अधोसरंचना को बढ़ावा मिलेगा महेंद्र ठाकुर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अभियंताओं को सप्ताह में चार दिन फील्ड में जाकर जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी और निरीक्षण करने को कहा है कुल्लू में विभाग के अभियंताओं के साथ जलापूर्ति योजनाओं की आज हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इंजीनियरों का काम कार्यालय के बजाए फील्ड में अधिक है उन्होंने कहा कि फील्ड में जाने से अभियंताओं को पेयजल व सिंचाई योजनाओं की व्यवहारिक जानकारी मिलेगी जिससे वे जनसमस्याओं का समाधान मौके पर कर सकेंगे

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बैजनाथ की सभी कूहलों की सफाई व सुदृढ़ीकरण पर करीब बीस करोड़ रुपए मनरेगा के तहत जारी किए जाएंगे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

लोग नमो ऐप और माइ गोव के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे इन दिनों योगा अभ्यास में जुटे हैं सुबह के समय सभी बच्चों को योग की विभिन्न क्रियाएं सिखाई जा रही हैं विद्यार्थी इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं विद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्यापक सोनम अंगरूप ने कहा कि योग क्रिया से मन को शांत किया जा सकता है इस बीच योग दिवस पर मंडी के पड्डल मैदान में होने वाला योग शिविर अब सेरी मंच में आयोजित किया जाएगा

सुरेश भारद्वाज राज्य सरकार शैक्षणिक पाठ्यक्रम और खेलों में योग को अनिवार्य बनाने के लिए प्रारूप तैयार करेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांगड़ा में त्रिगर्त दिव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित दो दिवसीय योग शिविर के समापन अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इसलिए युवाओं को योग से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है सुरेश भारद्वाज ने हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग अपनाने की जरूरत बताई चिकित्सा शिविर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र के टौणी में आयोजित स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया इस मौके उन्होंने कहा कि हिमाचल के चिकित्सक देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्होंने लोगों को शिविर में मिले स्वास्थ्य संबंधी परामर्श को जीवन में उतारने की सलाह दी इस दौरान विभिन्न रोग विशेषज्ञों ने लोगों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाईयां भी दी केंद्रीय दल किन्नौर जिले में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी से हुए नुक्सान का आज केंद्रीय दल ने जायजा लिया उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि दल के सदस्यों ने सांगला रिकांगपिओ सहित कुछ अन्य इलाकों का दौरा किया